राजस्थान आईटी दिवस पर आज से जयपुर में चार दिन का डिजीफेस्ट शुरू नवसंवत्सर और चैत्र नवरात्र के अवसर पर आज प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन अजमेर में ख्वाजा साहब के उर्स पर जन्नती दरवाजा आज से खोला गया चांद दिखाई देने पर उर्स आज से

आज नई दिल्ली में कृषि उन्नति मेले के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के उत्साहवर्धक परिणाम आने शुरू हो गये हैं

एसोचैम ने एक बयान में कहा कि निर्यात की तुलना में आयात अधिक होने से व्यापार संघर्ष बढ़ने की स्थिति में भारत को परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि देश में आयात की जाने वाली अधिकतर वस्तुएं अनिवार्य प्रकृति की हैं संगठन के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत का आयात साढ़े चार सौ अरब डॉलर का रहने की संभावना है जबकि निर्यात केवल लगभग तीन सौ अरब डॉलर का रहा है

अनुमान है कि बैठक में खुली चर्चाओं से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक निर्णय लेना आसान होगा पिछले वर्ष दिसम्बर में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका था कल होने वाली बैठक में विश्व व्यापार संगठन में नई जान डालने के लिए विभिन्न मुद्दों पर अधिक गहराई से विचार विमर्श होने की संभावना है

इस दौरान साढ़े छह हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा

पथ संचलन पोकरण के अलग अलग मार्गो से होता हुआ स्टेडियम मैदान में पहुंचा जहाँ आमसभा आयोजित की गई इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इन्तजाम किए गए थे

इसके बनने से किसानों को फायदा होगा इस समय नागौर में सात हजार मिट्रिक टन भण्डारण क्षमता का वेयरहाउस बना हुआ है

इस अवसर पर प्रदेशमर में विभिन्न आयोजन हो रहे है बीकानेर में नवसंवत्सर बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर शहर में शोभायात्राओं सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है

आज ही घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र पर्व भी शुरू हुआ इस मौके पर प्रदेशभर में देवी मंदिरों को सजाया गया है

बांसवाडा के त्रिपूर सुन्दरी माता मंदिर में सुबह से ही बडी संख्या श्रद्वालू पहुंच रहे हैं इधर बांसवाडा में ही घोटिया आम्बा मेला शुरू हुआ करौली में चल रहे कैलादेवी देवी मेले में अब तक आठ लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किये बीकानेर के जूनागढ में आज महाआरती का आयोजन किया जाएगा वहीं करणी माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई सवाईमाघोपूर के चौथ के बरवाडा मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है डूंगरपुर जिले में भी नवसंवत्सर और चैत्र नवरात्र के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए सीकर जिले का प्रसिद्ध जीणमाता मेला भी आज से शुरू हो गया पहले ही दिन श्रद्वालुओं की भीड़ नजर आई

उदयपुर बूंदी चूरू नागौर कोटा झालावाड भरतपुर धौलपुर तथा प्रदेश के अन्य स्थानों से भी नववर्ष और चैत्र नवरात्र श्रद्धापूर्वक मनाए जाने के समाचार है

आज देर शाम रजब का चांद दिखाई देने पर जन्नती दरवाजा अगले छह दिनों के लिए खुला रहेगा चांद नहीं दिखने पर इसे रात में बंद कर कल तड़के दुबारा खोला जाएगा जो कुल की रस्म के बाद ही बंद होगा साल में महत्वपूर्ण मौको पर चार बार खुलने वाले इस दरवाजे से निकलकर जियारत करने के पीछे मान्यता है कि इस दरवाजे से सात बार गुजरने वाले मुसलमान को जन्नत नसीब होती है